राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के आठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय के नौ संकायों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य कोवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए उन्होंने कहा कि छात्राओं की उपलब्धि देखकर यह भरोसा होता है कि अवसर मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं

इस मौके पर चौहत्तर विद्यार्थियों को गोल्ड मैडल और पचहत्तर विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडक भी शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर नई दिल्ली में स्वास्थ्य कल्याण और पोषाहार शिविर आयोजित कर रहे हैं सप्ताहभर के शिविर में विभिन्न मंत्रालयों की महिला कर्मचारियों की मधुमेह उच्च रक्तचाप खून की कमी और अन्य समस्याओं की जांच की जाएगी शिविर का उद्घाटन करने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि बीस वर्षो में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में काफी कमी आई है और सरकार इस दिशा में कई ठोस उपाय कर रही है

हाईकोर्ट सिविल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग पीएससी की ओर से पिछले साल ली गई सिविल जज की परीक्षा को सही ठहराते हुए मुख्य परीक्षा लेने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और न्यायाधीश पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सिविल जज की परीक्षा रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए पीएससी को नसीहत दी कि वह अपनी कार्यशैली और व्यवस्था सुधारे गौरतलब है कि सिविल जज की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते हुए नौ छात्रों ने याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने परिणाम को निरस्त करते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया था ओलावृष्टि किसान सहायता राज्य सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने पत्र लिखकर कलेक्टरों को कहा है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छह चार के अंतर्गत किसानों को जल्द आर्थिक अनुदान देने की कार्रवाई की जाए

इससे पहले आज विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष दो हजार उन्नीस बीस सदन के पटल पर रखा सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बयानये हजार चार सौ तेरह रूपये से बढ़कर अंठानवे हजार दो सौ इकयासी रूपये हो गई है जो पिछले साल की तुलना में छह दशमलव तीन पांच प्रतिशत अधिक है वहीं जीडीपी में आठ दशमलव दो छह प्रतिशत की वृद्वि का अनुमान है वहीं आज विधानसभा में प्रदेश में चल रहे आयकर छापे की कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने आयकर छापे के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसे ग्राहृय कर उस पर चर्चा कराई जाए उन्होंने राज्य सरकार पर आयकर छापों को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया विधानसभा में आज बस्तर जिले में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या का मामला भी गूंजा ध्यानाकर्षण सूचना के तहत विधायक लखेश्वर बघेल ने यह मुद्दा उठाया इस पर सिंचाई मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या को दूर करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जा रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में प्रदेश से करीब दो लाख सतहत्तर हजार विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं इसके लिए राज्यभर में दो हजार तीन सौ तीन परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें से एक सौ पचास परीक्षा केन्द्र संवेदनशील हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनाई गई है वहीं दसवीं बोर्ड की परीक्षा कल तीन मार्च से शुरू होगी दसवीं की परीक्षा में तीन लाख बयानवे हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे दोनों ही परीक्षाओं का समय सुबह नौ बजे से निर्धारित किया गया है दुर्घटना बस्तर जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई वहीं पच्चीस से अधिक लोग घायल हो गए हैं घायलों को डिमरापाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक कोडेनार थाना क्षेत्र से चारपहिया एक वाहन मांडवा गांव के तोकापाल साप्ताहिक बाजार जा रहा था इसी दौरान रायकोट के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया इस घटना में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई वहीं पच्चीस से अधिक लोग घायल हो गए पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है वाहन में तीस से अधिक लोग सवार थे उधर बालोद में चारपहिया वाहन की ठोकर से एक युवती की मौत हो गई यह घटना डौंडी थाना क्षेत्र के मथई के पास की है माओवादी समर्पण बीजापुर जिले में आठ लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक इनामी माओवादी प्रशांत ने आज जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और डीआईजी कोमल सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया

छात्रा को आरपीएफ की मदद से झांसी रेलवे स्टेशन में उतारा गया जहां से पुलिस उसे बिलासपुर ला रही है आयकर विभाग की टीम ने आज दुर्ग में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया की मौजूदगी में उनके घर की सील तोड़कर जांच शुरू की यह कार्रवाई शाम तक जारी थी रायगढ़ जिले में भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में मवेशी चराने जंगल गए तीन ग्रामीण भालू के हमले से घायल हो गए घायल ग्रामीणों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में आज पुलिस ने दो लाख रूपये की क्रिकेट सट्टा पट्टी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है